सरकार के इस कदम से मिलों में अतिरिक्त समय में गन्ने के रस से एथनॉल बनाने में मदद मिलेगी अब तक मिलों को गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद बची खांड से ही एथॅनाल बनाने की अनुमति थी

राज्य के परिवहन मंत्री यूनुस खान तथा रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता में प्रमुख चार मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी समझौते के बाद परिवहन मंत्री ने मीडिया को बताया कि निगम कर्मचारियों की सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान सातवें वेतनमान के अनुरुप वेतन और पेंशन भत्ते तथा रिक्त पदों को भरने सहित प्रमुख मांगों पर समझौता हुआ हैं संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने बताया कि बसों के संबंध में तथा मर्ती करने के मामले में एक कमेटी बनाई जायेगी उन्होंने बताया कि समझौते में प्रमुख चार मांगों पर सहमति बनने के बाद अब शेष मांगों पर भी अगले एक दो दिन में आपस में बैठकर कोई हल निकाल लिया जायेगा

श्रीमती राजे कल बीकानेर के रवीन्द्र रंगमंच में बीकानेर पूर्व तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनसंवाद कर रही थीं श्रीमती राजे ने पंडित दीन दयाल आवासीय योजना के लिए फ्लैट आवेदन पुस्तिका का विमोचन भी किया जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की तथा फीडबैक लिया इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉ रामप्रताप विधायक जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने बीकानेर में ही हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत की

मुख्यमंत्री हैलीकॉप्टर से सवा बारह बजे नोहर आएगी श्रीमती राजे यहां अलग अलग चरणों में चार जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर दस सदस्यों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करेगा

श्रीमती राजे ने कल बीकानेर में राजस्थान डिजिफेस्ट के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि डिजिफेस्ट जैसे आयोजनों का उद्देश्य अधिकाधिक युवाओं को आईटी से जोड़ना है क्योंकि विकास और बदलाव के लिए आईटी सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है

इसके लिये निर्वाचन विभाग ने राजस्थान विश्वविश्वविद्यालय में लीड ईएलसी कार्यक्रम शुरू किया है अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका पार्टनर की तरह है उनके सहयोग के बिना मजबूत लोकतंत्र की कल्पना बेमानी है उन्होंने कहा कि युवा यदि मतदान और निर्वाचन के प्रति और अधिक सजग हो जाएं तो देश को नई दिशा मिल सकती है जोगाराम कल राजस्थान विश्वविद्यालय में लीड इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ईएलसी के शुभारम्भ के अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे

डॉक्टरों द्वारा एनएमसी बिल को पूरे चिकित्सा जगत के खिलाफ बताते हुये कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी डॉक्टरों के क्लीनिक और ओपीडी बंद रहेगी

इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कल रामगढ़ के एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया जहां से तीनों आरोपियों को नौ अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गये

गत ब्धवार को नदी के तेज बहाव के कारण युवक पानी में डूब गये थे

महात्मा गांधी नरेगा योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला कलेक्टर ने इन अधिकारियों पर एक एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है

गहलोत कल उदयपुर में इंटक की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने देश में बढती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है